और पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के कारण प्रदेश में कनकनी बढी

बाल यौन अपराध मामलों में दोषी अपराधियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है इस आशय का फैसला आज केन्द्रीय मंत्रिमडल की बैठक में लिया गया मंत्रिमंडल ने इसके लिए बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है संशोधन लागू होने के बाद बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म और यौन अपराध के मामले में अधिनियम में मृत्युदंड के कठोर दंड के प्रावधान जुड़ जायेंगे इसका उद्देश्य बच्चों को यौन अपराध से सुरक्षा प्रदान करना है कठोर कानून से बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी और संकट के समय कमजोर बच्चों के हितों की रक्षा हो सकेगी गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत जलालपुर चेक पोस्ट के पास पुलिस ने वाहन जांच के दौरान दो ट्रक सहित चार वाहनों में लदी लगभग एक करोड़ रुपये मूल्य की शराब जब्त की है प्रभारी पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने बताया कि शराब की खेप उत्तर प्रदेश से लायी जा रही थी इस मामले में तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है वहीं वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के जैतपुर गांव से पुलिस ने एक सौ पचास कार्टन विदेशी शराब बरामद की है जहानाबाद जिले के काको थाना क्षेत्र अंतर्गत सातनपुर गांव में शिक्षा समिति के चुनाव के दौरान दो पक्षों की झड़प में स्थानीय थाना अध्यक्ष सहित कई लोग घायल हो गये सूत्रों ने बताया कि विवाद के दौरान बीच बचाव करने पहुंची पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया इस घटना में चार पुलिसकर्मी घायल हो गये हिंसक भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को कथित तौर पर हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी इधर वैशाली जिले के जनदाहा थाना क्षेत्र अंतर्गत डीह बुचौली गांव में अपराधियों ने एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी और एक अन्य व्यक्ति को घायल कर दिया सांसद पप्पू यादव ने आज लोकसभा में भाजपा नेता और व्यवसायी गुंजन खेमका की हत्या का मामला उठाया उन्होंने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की श्री यादव ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गयी है उन्होंने केन्द्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की इधर पुलिस महानिदेशक केएसद्विवेदी ने कहा है कि इस हत्याकांड का खुलासा दो से तीन दिनों में कर दिया जायेगा श्री द्विवेदी ने कहा कि हत्याकांड में शामिल सभी संदिग्धों की शिनाख्त कर ली गयी है उन्होंने कल हाजीपुर में घटनास्थल पर जाकर मुआयना किया और पुलिस जांच की प्रगति की समीक्षा की प्रलिस महानिदेशक के एसद्विवेदी ने सभी जिलों के प्रलिस अधीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को जिले में गश्ती और सीमावर्ती क्षेत्रों में नाकेबंदी सुनिश्चित करने को कहा है श्री द्विवेदी ने अपने आदेश में दिन और रात के समय हरहाल में पुलिस की गश्ती के निर्देश दिये हैं उन्होंने पुलिस अधीक्षकों को दो जिलों की सीमा पर चौबीस घंटे नाकेबंदी करने को कहा है ताकि अपराधियों के फरार होने पर रोक लगायी जा सके पटना के सभी थानों में आज से रिस्पांस टीम की तैनाती की गयी है यह टीम पीड़ितों को थानों में मामला दर्ज कराने में मदद करेगी डीआईजी राजेश कुमार के आदेश के बाद इस व्यवस्था को अमल में लाया जा रहा है प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की संस्था और परिवार के सदस्यों के वाहनों का ब्यौरा जिला परिवहन कार्यालय से मांगा है जिला परिवहन पदाधिकारी नजीर अहमद ने बताया कि पैंतीस वाहनों का ब्यौरा मांगा गया है जिनकी जांच चल रही है गौरतलब है कि ईडी ब्रजेश ठाकुर और उसके परिवार की कथित तौर पर अवैध तरीके से जमा की गयी संपत्ति की जांच कर रहा है ब्रजेश ठाकुर की पत्नी और पुत्र से पटना में अलग अलग कई घंटे तक पूछताछ भी की गयी है राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि निर्दलीय विधायक अनंत सिंह को महागठबंधन में शामिल नहीं किया जायेगा श्री यादव ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि महागठबंधन की विचारधारा अनंत सिह से मेल नहीं खाती है गौरतलब है कि पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव ने कल अनंत सिंह को महागठबंधन में शामिल होने के सवाल को लेकर सहमति जतायी थी रालोसपा उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने फिर से जदयू का दामन थाम लिया है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण सिंह की उपस्थिति में उन्होंने पटना में आयोजित कार्यक्रम में जदयू की सदस्यता ग्रहण की भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने टीवी दर्शकों को नई नियामक व्यवस्था के तहत चैनल चुनने के लिए अंतिम समय सीमा बढ़ाकर एकतीस जनवरी कर दी है इससे पहले ट्राई के नए नियम कल से लागू होने वाले थे ट्राई के सचिव एस के गुप्ता ने कहा कि प्रसारकों डीटीएच ऑपरेटरों और एमएसओ के साथ बैठक के बाद उपभोक्ताओं के हित में समय सीमा बढ़ायी गई है पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के कारण राजधानी पटना सहित प्रदेश के कई जिलों में कनकनी बढ़ गयी है पछुआ हवा चलने से सर्दी और कनकनी बढ़ गयी है और कई स्थानों पर शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है गया आज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान तीन दशमलव चार डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया गया जिले में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है इससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है राज्य सरकार ने भीषण ठंड और शीतलहर को देखते हुये सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिये है साथ ही सार्वजनिक स्थानों और प्रमुख चौक चौराहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था करने को कहा गया है कोहरे के कारण पटना और राज्य के अन्य प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरने वाली ट्रेनों का परिचालन प्रभावित है राजधानी एक्सप्रेस संपर्क क्रांति एक्सप्रेस महानंदा एक्सप्रेस कुंभ एक्सप्रेस घंटों विलंब से चल रही है घने कोहरे के कारण हावड़ा आंनदविहार एक्सप्रेस किशनगंज अजमेर एक्सप्रेस पोरबंदर मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस का परिचालन पच्चीस दिसम्बर से पन्द्रह फरवरी तक रद्द कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार तीस दिसम्बर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे मन की बात रेडियो कार्यक्रम की यह इक्यावनवीं कड़ी होगी इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और द्रदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध होगा आकाशवाणी की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट ऑल इंडिया रेडियो डॉट गव डॉट इन पर भी इसका सुबह ग्यारह बजे से प्रसारण किया जाएगा हिन्दी प्रसारण के तत्काल बाद आकाशवाणी से इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण होगा क्षेत्रीय भाषाओं में इसका दोबारा प्रसारण रात आठ बजे सुना जा सकता है देश भर के एक सौ बारह आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में औरंगाबाद जिले ने टाप दस जिलों में चौथा स्थान हासिल किया है तमिलनाडु का विरुद्वनगर जिला देश भर में शीर्ष स्थान पर रहा विकास के छह पैमानों पर नीति आयोग ने इन जिलों की रैंकिंग कराई थी नक्सल प्रभावित जमुई जिले ने इस रैंकिंग में नवां स्थान प्राप्त किया है दोनों जिलों ने सामाजिक विकास की प्रगति के मानकों यानि स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा कौशल विकास और बुनियादी ढांचे के विकास की ओवर आल रैंकिंग में तेज प्रगति की है वहीं सीतामढी जिले ने कृषि और जल संचयन के मामले में आकांक्षी जिलों की सूची में देश में पहला स्थान हासिल किया है गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष जनवरी में आकांक्षी जिला कार्यक्रम का श्रभारंभ किया था इसका उद्देश्य प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में तुलनात्मक रुप से कम प्रगति करने वाले जिलों में तेजी से बदलाव लाना है दरभंगा जिले का एक सौ पैंतालीसवां स्थापना दिवस एकतीस दिसंबर और एक जनवरी को समारोह पूर्वक मनाया जाएगा इस अवसर पर महिला और प्रुषों का अलग अलग मैराथन दौड़ विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं कवि सम्मेलन गीत संगीत सहित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है सीतामढ़ी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सतहत्तर पर बथनाहा थाना क्षेत्र के कमलदह हैदरा मिल के पास एक ट्रक के अनियंत्रित होकर सड़क किनारे घर में घूस जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया वहीं जिले के पुपरी थाना क्षेत्र अंतर्गत बिरौली गांव में चार घरों में अगलगी की घटना में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है एके सैंतालीस राइफल तस्करी मामले में मुंगेर पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद इमरान का हथियार जब्त करते हुए उसका लाईसेंस रद्द कर दिया है एके सैंतालीस तस्करी मामले में उनतीस अगस्त को उसकी गिरफ्तारी जमालपुर थाना क्षेत्र से की गयी थी

और पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के कारण प्रदेश में कनकनी बढी